हरियाणा के मुख्यमंत्री मनोहर लाल ने कहा है कि किसान पेंशन योजना श्रू करने की संभावना तलाशने के लिये गठित की गई कमेटी की रिपोर्ट सरकार को मिला गई है रिपोर्ट का अध्ययन किया जा रहा है अतिरिक्त वित्तीय भार के बारे शीघ्र वित्त विभाग में परामर्श किया जायेगा हरियाणा विधानसभा के बजट के दुसरे दिन की कार्रवाई के बाद पत्रकारों से बातचीत में उनहोंने यह घोषणा भी की कि केन्द्रीय बजट में घोषित की पहली किश्त किसानों के खाते में भेजनी श्रू कर जा रही है लोकसभा च्नावों की आचार संहिता लागू होने से पहले उन्हें इस योजना का लाभ दिया जायेगा

उन्होंने कहा कि योजना के अन्रूप पांच एकड़ तक के किसानोंकेा इसका लाभ मिलेगा केन्द्र सरकार ने सभी राजयों से राज्स्व आंकड़े मांगे है और हरियाणा मे उपलब्ध कराने वाला पहला राज्य होगा प्लवामा में शहीद हये हरियाणा के दो जवानों के परिवारों बारे पूछे जाने पर म्ख्यमंत्री ने कहा कि आज उनके परिजनों से भैंट की है

उन्होंने कहा कि आज पचास लाख रूपय की राशि उनक खाते में डाल दी गई है सदन में एम्स पर उठ सवालों वारे मुख्यमंत्री ने कहा कि विपक्षी पार्टी बेवजह इस म्द्दे पर भ्रम फैसला रही है शहरी स्थानीय निकाय मंत्री कविता जैन ने विधानसभा अध्यक्ष की आज्ञा से अधिकारियों को फरीदाबाद व ग्रूग्राम जिलो में सफाई व्यवस्था के लिये अन्बंधित की गई कंपनी इकोग्रीन के साथ बैठक करने क्षेत्र के विधायकों को बैठक में शामिल करने और आगे समझौते के अन्सार काम में क्ताही आने पर ज्माना लगाने के निर्देश दिये है बल्लभगढ़ से विधायक मूलचंद शर्मा ने बल्लभगढ़ में सफाई व्यवस्था बारे पूदे प्रक प्रश्न का जवाब दे रही थी

धीरे धीरे उन्हें कम किया जा रहा है और निगम अधिकारियों को भी क्ड़े का निस्तारण जल्दी करने को कहा गया है विधायक सीमा त्रिखा दवारा इस इकोग्रीन की सफाई व्यवस्था पर सवाल उठाये जाने पर श्रीमती जैन ने कंपनी से बैठक कर जांच के आदेश दिये

विद्यायक करण दलाल ने एक सवाल के जवाब मे सहकारिता राज्य मंत्री मनीष ग्रोबर ने सदन को ये जानकारी दी और कहा कि सभी चीनी मिलों को वर्तमान सींजन की गन्ने की बकाया राशि का भ्गतान बिना किसी विलंव के करने के निर्देश दिये है जिनकी अन्पालना स्निश्चित की जा रही है

इस दौरान कृषि मंत्री ओम प्रकाश धनखड़ ने कहा कि गन्ने का पचास फीसदी भ्गतान हो चुका है कोई देरी नहीं हो रही है

जींद के नवनिर्वाचित विधायक कृष्ण मिडडा के विधानसभा की कार्रवाई में शामिल होने पर भारतीय जनता पार्टी के विधायकों द्वारा मेजे थपथपाकर स्वागत किया गया संसदीय मंत्री राम बिलास शर्मा ने सदन से उनका परिचय कराते हये कहा कि बड़े मतों जीत कर वे सदन में आये है

उन्होंने बाढ़सा में एम्स बारे उठे सवाल पर स्पष्ट किया वहां पिछली सरकार के समय एम्स के ओपीडी श्रू की थी जो चल रही है उसके बाद उनके कार्यकाल में एम्स द्वारा देश का सबसे बड़ा कैंसर संस्थान बनाया गया है स्वास्थ्य मंत्री ने स्पष्ट किया कि वहां पर ओपीडी के साथ अस्पताल बनाने पर भी विचार चल रहा है उन्होंने कहा िक एम्स ने पूरे संस्थान के लिए बाढ़सा के पास कही ज़मीन देने की मांग की थी जिसके लिये मनेठी के ज़मीन दी गई है और बाढ़सा के संस्थान भी एम्स का ही हिस्सा होंगे स्वास्थ्य मंत्री राज्यपाल के अभिभाष्ण पर बहस के दौरान कांग्रेस विधायिका गीता भुक्कल दवारा उठाये गये इस सवाल का जवाब दे रहे थे कि मनेठी के बनने वाला एम्स क्या राज्य का द्रसरा एम्स है या पहला क्यूकि राज्यपाल ने कल अपने अभिभाषण में इसे हरियाणा का पहला एम्स बताया था इस म्ददे को लेकर कृषि मंत्री ओम प्रकाश धनखड़ ने भी स्पष्टीकरण दिया और बनने वाले एम्स की भगोलिक स्थिति को लेकर दोनों पक्षों में काफी कहा सनी भी हुई

मंत्रालय ने सीआरपीएफ के सभी कर्मियों को दिल्ली श्रीनगर श्रीनगर दिल्ली जम्म्छ्रीनगर और श्रीनगर जम्मू सेक्टर पर हवाई यात्रा को मंजूरी भी दे दी इस निर्णय से तृंतर कांस्टेबल हैडकांस्टेबल और एएसआई रैंक के सीआरपीएफ के लगभग सात लाख अस्सी हजार कर्मियों को लाभ होगा जिन्हे पहले यह स्विधा नहीं थी

यह सुविधा सीआरपीएफ के लिये मौजूदा एय क्रियर सेवाओं के अलावा है जो ग़हमंत्रालय दवारा सभी क्षेत्रो में लगातार बढ़ाये गये है कि ताकि जवानों को यात्रा के दौरान और घर में छ्र्टटी के समय यात्रा में समय की बचत हो सके